कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वा स न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्की पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेषों के प्रबंधकों को लिखे एक पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने जोर देकर कहा कि निगरानी कंटेनमेंट और सावधानी बरतने के दिषा निर्देषों की सख्ती से पालना की जाये उन्होंने मास्क पहनने हाथ धोने और सामाजिक दूरी नियमों का पालन सुनिष्वित करने को भी कहा गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेषों को कोविड उचित व्यवहार अपनाने हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए आवष्यक उपाय करने की अपील की है

उन्होंने कहा कि आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं

उन्होंने अंबाला में कहा कि परसों सोमवार को देष में जल शक्ति अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विष्व में अलग पहचान बनाई है

श्री गुर्जर ने आज खेड़ी कलां व तिगांव के सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बल्लभगढ के अलावा फरीदाबाद के नागरिक अस्पताल व बीके अस्पताल में कोविड टीकाकरण केन्द्रों और निगरानी कक्ष का निरीक्षण किया

चरखी दादरी के उपायुक्त राजेश जोगपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा निवास चंडीगढ़ से नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं शुभारंभ करेंगे इनमें दादरी जिला की छः परियोजनाएं शामिल हैं

गृह शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अम्बाला छावनी के विश्राम गृह में जनता दरबार के दौरान प्रदेश के कोने कोने से आए सैकड़ों लोगों की शिकायतों को सुनते हुए सम्बधिंत अधिकारियों को शिकायत मार्क करते हए शिकायतों का निपटान करने के निर्देश दिए

बोर्ड द्वारा इनकी डेटषीट एक सप्ताह में घोषित कर दी जायेगी

हरियाणा में मानवाधिकार सुविधाओं का जायजा लेने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग की टीम विभिन्न जिलों का दौरा कर रही है इसी कडी में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीष एसके मिततल की अध्यक्षता में आयोग की टीम आज मधुबन स्थित सेफ्टी होम और करनाल में नारी निकेतन में सुविधाओं का जायजा लिया टीम ने यहां बच्चों व महिलाओं से भी बात की और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा

बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के साथ आगामी रबी खरीद सीजन की तैयारियों का जायजा लिया